श्री सिंह ने कहा कि सरकार कानून का शासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करने के बाद इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया जिसे पहले से ही इस मुद्दे पर दायर अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के लिए कहा गया है

विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षक बनने के इच्छक लोगों के लिए सरकार एकीकृत बी एड पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है

यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है

कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में यह विधेयक पेश किया

सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सदन में पेश किया श्री मेंडाविया ने कहा कि विघेयक सड़क और वाहन सुरक्षा तथा परिवहन व्यवस्था को आसान बनाने पर केन्द्रित है

यह समझौता सशक्त योजना का हिस्सा है गौरतलब है कि सुनील मेहता समिति ने जूलाई के आरंभ में इस संबंध में रिपोर्ट सौंपी थी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को बैकिंग उद्योग की समस्याए हल करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

इसके लिए डिस्कॉम की ओर से किसानों को मांग पत्र जारी किये जाएंगे

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

कोटा भीलवाड़ा टोंक और जयपुर जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई राजधानी जयपुर में बारिश के कारण कई इलाको में सड़के जलमग्न हो गई है कोटा में शहर की कई बस्तियों मे पानी भर गया जिससे लोगों को काफी असुविधा हुई चम्बल नदी पर बने बांधों में पानी की आवक बढ़ने से कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है वहीं पार्वती और चम्बल नदी उफान पर होने के कारण कोटा श्योपुर और बारां सवाईमाघोपुर मार्ग अवरूद्व हो गया है भीलवाड़ा जिले का गोवटा बांध छलकने के लिये तैयार है